प्रदेश में कल से शुरू होगा कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन मुख्यमंत्री ने सभी राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों से किया सहयोग का आहवान प्रदेश में आज से राष्ट्रीय अभयारण्य पर्यटकों के लिए फिर से खुले

महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में अस्पृश्यता यानी छ्आछूत के बारे में चर्चा की थी

आज से लागू इन दिशा निर्देशों में अनेक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया का खुलासा किया गया है

वहीं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है इनके लिए संबंधित मंत्रालय एसओपी जारी करेंगे

इसके लिए राज्य विस्तृत निर्देश जारी करेंगे

यह फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केन्द्र से पूर्व परामर्श के बगैर स्थानीय लॉकडाउन लागू न किया जाए राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच वस्तओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों और समारोहों में सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना होगा

सरकार ने अपील की है कि आरोग्य सेतु एप को बढ़ावा देना जारी रहना चाहिए कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है लेकिन गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा

हालांकि अंतरराष्ट्रीय माल वाहक उड़ान और सरकार द्वारा मंजूर की गई यात्री उडाने जारी रहेगी

ब्रहमोस को ओडिशा के बालासोर से प्रक्षेपण किया गया वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रभावशाली मिशन के लिए संगठन और ब्रह्मोस टीम को बधाई दी है

दौरे के दौरान श्री गोयल प्रबृद्ध लोगों से संवाद करेंगे वे केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को मजबूत बनाने के लिए उठाये गये कदमों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे

राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर होगा

श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास से संभागीय आयुक्तों रेंज पुलिस महानिरीक्षकों जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये निर्देश दिए

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनैतिक अभियान है सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों की भागीदारी होने से ही यह अभियान सफल हो सकेगा

कोरोना के कारण मार्च में इन्हें बंद कर दिया गया था हालांकि कुछ स्थलों को जून में शुरू किया गया था लेकिन वर्षा काल में इन्हें बंद कर दिया गया था

सप्ताह के पहले दिन आज अंतरराष्ट्रीय वुद्वजन दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं

गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में दो अक्टूबर को आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा